राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सुरक्षा ट्कड़ियों द्वारा आयोजित शानदार मार्च पास्ट का निरीक्षण कर सलामी ली राज्यपाल की धर्मपत्नी वसंथा बंडारू व मुख्यमंत्री जयराम ठाकर भी इस अवसर पर उपस्थित थे आईटीबीपी एसएसबी पूर्व सैनिकों राज्य पूलिस गृह रक्षाबल डाक सेवा और राष्ट्रीय सेवा योजना केडिट की ट्कड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया इस मौके पर मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों की झलक दर्शाती प्रर्दशनियां भी लगाई गई

उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और विभिन्न दूकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली इस मौके पर देश भक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन भी किया गया

जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम के साथ आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तूत किया बिलासपुर गणतंत्र दिवस सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यभिक पाठशाला बिलासपूर के खेल मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया उन्होंने चंगर स्थित शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए

ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया

वीरेंद्र कंवर ने राज्य सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं कुल्लु गणतंत्र दिवस कुल्लू का जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह ऐतिहासिक ढालप्र मैदान में मनाया गया जहां स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने ध्वजारोहण किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सैनिकों व पूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं सैजल ने बताया कि परमवीर व अशोक चक्र विजेताओं की वार्षिकी को तीन लाख रुपये महावीर व कीर्ति चक्र विजेताओं की वार्षिकी को दो लाख रुपये और वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं की वार्षिकी को एक लाख रुपये किया गया है

उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकूर ने तिरंगा फहराया उन्होंने लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाए देते हुए कहा कि संविधान निर्मोताओं ने संविधान के रूप में देशवासियों को बहुमूल्य तोहफा दिया है केलंग गणतंत्र दिवस लाहौल स्पीति ज़िला मुख्यालय केलंग में भी कड़ाके की ठण्ड के बीच गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने ध्वजारोहण कर आकर्षक परेड की सलामी ली हमीरपुर गणतंत्र दिवस शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकूर ने हमीरपुर में हुए ज़िला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड से सलामी ली उन्होंने कहा कि भारत आज दुनियाभर में सबसे लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है और इसका श्रेय संविधान निर्माताओं को जाता है

चंबा गणतंत्र दिवस चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में वन मंत्री राकेश पठानिया ने ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कर ध्वजारोहण किया उन्होंने लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान निर्माताओं को भी याद किया